अररिया लोक सभा सीट और जहानाबाद तथा भभूआ विधान सभा सीट के उपचुनाव के लिए कल कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जायेंगे मतदान सुबह सात बजे से मतदान श्रू होगा जो शाम पांच बजे तक चलेगा विभिन्न मतदान कोन्द्रों पर अर्द्वसैनिक बलों की पैंतालीस कंपनियों की तैनाती की गयी है जबकि बिहार पुलिस के तेरह हजार से अधिक जवानों के मतदान केन्द्रों पर तैनात किया गया है चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के लिये मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए पेयजल बैठने और शेड की व्यवस्था की गयी है तीनों सीटों पर कुल अड़तीस उम्मीदवार मैदान में है सबसे अधिक सत्रह प्रत्याशी भभूआ विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं मतों की गिनती चौदह मार्च को कराई जाएगी अररिया में राजद सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और जहानाबाद से राजद विधायक मुद्रिका सिंह यादव तथा भभुआ से भाजपा विधायक आनंद भूषण पांडे के निधन के कारण यह उपचुनाव कराया जा रहा है उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत और जानकारी देने के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है यह मतदान के शुरूआत से लेकर समाप्ति तक कार्यरत रहेगा द्रभाष नम्बर दो दो एक पांच नौ सात आठ और फैक्स नम्बर दो दो एक पांच छह एक एक पर निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना भेजी जा सकती है दूरभाष नम्बर के पहले पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाना होगा दारोगा भर्ती परीक्षा कल प्रदेश में सात सौ आठ केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा है कि अररिया जहानाबाद और भभुआ निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी अभ्यर्थी कल मतदान करने के लिए परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं या चुनाव के कारण वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए आयोग द्वारा अलग से परीक्षा ली जायेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिये काम करने की जरूरत पर जोर दिया है श्री मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में दो दिन के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सौ पन्द्रह ऐसे जिलों की पहचान की है जो विकास की दृष्टि से कमजोर हैं श्री मोदी ने कहा कि अब यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किन किन क्षेत्रों में इन जिलों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए

इन क्षेत्रों का विकास सामाजिक न्याय का काम है अगर उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हुआ मतलब अपने आप वो सामाजिक न्याय का हब बन ही जाएगा अगर सब बच्चों को शिक्षा मिलती है हमारे क्षेत्र में इसका मतलब सामाजिक न्याय का एक कदम हुआ सबके लिए करना भाव को लेकर के चलते हैं तो कितना बड़ा परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्बद्ध पक्ष एक बार इन जिलों के किसी एक पहलू में परिवर्तन लाने का फैसला करते हैं तो अन्य कमियों को दूर करने की रफ्तार तेज हो जाएगी उन्होंने कहा कि मिशन की भावना से सकारात्मक बदलाव लाना होगा श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जिलों की तरक्की से मानव विकास सूचकांक में भारत की संथिति बेहतर हो जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद की भावना से काम करना होगा

हम राज्यों के हिसाब से देखें तो अच्छा हुआ है एक कॉम्पिटेटिव कॉपरेटिव फेडरलिजम का माहौल बना है

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे आज पटना पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया बिहार से राज्यसभा की छह सीटों के लिए च्नाव कराये जा रहे हैं इसके लिए नामांकन की अंतिम तारीख बारह मार्च है अभी तक किसी भी दल के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने आज कहा कि सरकार के काम काज और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं काफी प्रभावशाली है श्री रिजीजू आज पटना में कोन्द्रीय गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन और प्रस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हिन्दी ने पूरे हिन्दुस्तान को एकता के सूत्र में बांधकर रखा है

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लोकप्रियता के मामले में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के टीवी चैनल अंग्रेजी से कहीं आगे हैं

जो हिन्दी चैनल्स हैं क्षेत्रीय चैनल्स हैं उसका टीआरपी बहुत ज्यादा है

श्री रिजीज़ ने कहा कि हिन्दी और मात्र भाषाओं को साथ साथ प्रोत्साहन से देश की एकता और मजबूत होगी इस अवसर पर केन्द्रीय राजभाषा विभाग के सचिव प्रभाष कुमार झा ने कहा कि अंग्रेजी सहित अन्य पन्द्रह भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सिखाने के लिए जारी किये गये एप्प लिला को युवाओं के बीच और लोकप्रिय बनाया जायेगा इस अवसर पर हिन्दी को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न विभागों बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया आकाशवाणी पटना के कार्यक्रम प्रमुख केके सिन्हा और राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक अनूप कुमार सिन्हा को इस अवसर पर शील्ड और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज कहा कि राज्य के जिन जिलों से मक्के की फसल में दाने नहीं निकले हैं वहां किसानों के हये नुकसान का आकलन का मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा श्री कुमार ने आज कहा कि कृषि विभाग के दो उच्च स्तरीय दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं इधर कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों ने वैशाली मूजफ्फरपूर खगड़िया और बेगूसराय जिले का दौरा किया अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर जानकारी भी ली जीएसटी के तहत माल ढूलाई के लिए जरूरी ई वे बिल एक जून से पूरी तरह लागू हो जायेगा जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में हुई बैठक में इस पर सहमति बन गयी है जीएसटी काउंसिल में राज्यों के बीच माल ढुलाई के लिए ई वे बिल की व्यवस्था एक अप्रैल से लागू करने का फैसला किया है जबकि राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए इसे एक जून दो हजार अठारह या उससे पहले लागू करना जरूरी है केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पटना जिला इकतीस मार्च तक खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा श्री यादव ने आज दानापूर में स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षण के प्रति जागरूकता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार के पांच हजार पंचायत ओडीएफ घोषित हो गये हैं केन्द्रीय मंत्री ने लोगों से स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेकर पटना को स्वच्छता के मामले में बेहतर बनाने के लिए वोट देने का आग्रह किया इस अवसर पर डीएफपी पटना के निदेशक विजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे समस्तीपूर के प्रधान डाकघर में आज से पासपोर्ट सेवा केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है सांसद रामचंद्र पासवान ने आज इसका उद्घाटन किया क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीएम सहाय ने बताया कि यहां प्रति दिन पचास आवेदकों का ऑनलाईन पासपोर्ट बनेगा रोहतास जिले के चेनारी में आज गुप्ता धाम महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने और गुप्ता धाम के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाएगी

सीतामढ़ी के नानपुर के नाहर चौक के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या सतहत्तर पर प्रदर्शन किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की मुजफ्फरपुर जिले में लूट की योजना बना रहे छह लूटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एसएसपी विवेक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से तीन देशी पिस्टल छह कारतूस तीन बाइक जब्त किया गया है